दीपावली की रात पटाखे छोड़ने के दौरान प्रदेश में कई जगहों पर आग लगने की घटनाओं में काफी नुकसान हुआ है वैशाली जिले के महुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत कडियो गांव में पटाखे की चिंगारी से लगी आग से महादलित टोला के दो घर जलकर राख हो गये इधर सारण जिले के मशरख थाना क्षेत्र अंतर्गत हुनमानगंज गांव में एक घर में आग लग गयी उधर पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में बंजरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत झकिया गांव में अगलगी की घटना में दो घर जल कर खाक हो गये शेखपुरा जिले के बरबीघा थाना अंतर्गत धर्मशाला मुहल्ला में पटाखे जलाने के दौरान एक रूई की दुकान में आग लग गयी किशनगंज जिले में स्थित एक प्रतिष्ठान में भीषण अगलगी की घटना में करोड़ों के नुकसान की संभावना व्यक्त की गयी है इधर पटना में गांधी मैदान थाना अंतर्गत एक्जीविशन रोड स्थित एक गेस्ट हाउस में आग लग गयी जबकि राजीव नगर में एक मार्बल दुकान में पटाखा जलाने के दौरान आग लग गयी केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ऑपरेशन ग्रीन में बिहार के नालंदा जिले को शामिल किया गया है इसके तहत जिले में सब्जियों की खेती को बढ़ावा देने का प्रयास किया जायेगा केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार छह राज्यों के चूनिंदा जिलों को ऑपरेशन ग्रीन में शामिल किया गया है जिसमें नालंदा शामिल है ऑपरेशन ग्रीन के तहत टमाटर प्याज और आलू जैसी सब्जियों को प्रसंस्कृत करने और उन्हें संरक्षित करने की रणनीति बनायी गयी है ताकि इन सब्जियों को देशव्यापी बाजार मिल सके

केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए कई योजनाएं बना रही है इसके साथ ही सरकार टॉप जिंसों के उत्पादक स्थलों से गोदामों तक ढुलाई और इन जिंसों के भंडारण के खर्च पर सब्सिडी भी देगी भारतीय रिजर्व बैंक ने बुनियादी ढांचा निर्माण के लिए विदेश से ऋण लेने संबंधी नियमों को सरल कर दिया है रिजर्व बैंक की अधिसूचना में कहा गया है कि ब्रनियादी ढांचा क्षेत्र में बाहरी वाणिज्यिक ऋणों संबंधी न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधि पांच वर्ष से घटाकर तीन वर्ष कर दी गई है इसके अतिरिक्त निवेश जोखिम प्रबंधन यानी हेजिंग के लिए अनिवार्य अवधि दस वर्ष से घटाकर पांच वर्ष की गई है गैर बैंक ऋणदाताओं से कर्ज लेने में आ रही कठिनाइयों को देखते हुए यह कदम उठाया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट परीक्षा का मॉडल पेपर जारी कर दिया है बोर्ड ने कला वाणिज्य और विज्ञान के अड़तालीस विषयों का मॉडल जारी किया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि दो हजार अठारह के इंटर की वार्षिक परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किया गया है

उन्होंने उम्मीद जतायी कि मॉडल पेपर से छात्रों को सहुलियत होगी और वे इसका लाभ उठा सकेंगे राज्य सरकार ने रामायण सर्किट योजना का प्रस्ताव दोबारा तैयार किया है जिसे केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय को स्वीकृति के लिए भेजा जायेगा प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य सरकार के पर्यटन विभाग के पहले के प्रस्ताव को केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय ने मंजूरी नहीं दी थी इसके बाद राज्य सरकार ने दोबारा प्रस्ताव तैयार किया है नये प्रस्ताव के अनुसार रामायण सर्किट में दरभंगा बक्सर सीतामढ़ी और मधुबनी में रामायण काल से जुड़े पर्यटन स्थलों को बढ़ावा दिया जायेगा बिहार पर्यटन विकास निगम के कार्यपालक अभियंता ने बताया कि सर्किट के विकास होने से स्थानीय कलाकारों को रोजगार और प्रोत्साहन मिलेगा राज्य के बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जिला और प्रमंडल स्तर पर आयोजित होने वाले नियोजन मेले में कम से कम पन्द्रह कंपनियों को जरूर बुलाया जायेगा श्रम संसाधन विभाग के सूत्रों ने बताया कि राज्य सरकार नियोजन मेले के माध्यम से बेरोजगार युवकों को रोजगार के बेहतर और स्थायी मौका उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है मेले के माध्यम से विभागीय योजनाओं के साथ ही मुद्रा योजना कौशल विकास मिशन से जुड़ी जानकारी भी दी जायेगी बेगूसराय और वैशाली जिले से पुलिस ने आठ सौ नब्बे कार्टन विदेशी शराब के साथ दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया बेगूसराय जिले के तेयाय थाना क्षेत्र बिचला टोला के निकट से पुलिस ने चार सौ तीस कार्टन विदेशी शराब के साथ दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया उधर वैशाली जिले के गंगाब्रिज थाना के सरायुपर गांव के निकट से पुलिस ने ट्रक पर लदा करीब चार सौ कार्टन विदेशी शराब बरामद किया इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है एक अन्य घटना में वैशाली जिले में नगर थाना क्षेत्र के मीनापुर मुहल्ले के पास पुलिस ने डाक विभाग का लेवल लगे एक पार्सल वैन से साठ कार्टन विदेशी शराब जब्त की है गोवर्धन पूजा का त्योहार आज राजधानी पटना समेत प्रदेश में धूमधाम से मनाया जा रहा है इस मौके पर पशुपालक गायों की पूजा करते हैं इसके साथ ही पारंपरिक खेलों का भी आयोजन किया जाता है दीपावली के सम्पन्न होने के साथ ही राज्य भर में छठ महापर्व की तैयारी शुरू हो गयी है राजधानी पटना समेत प्रदेश भर में छठ घाटों की साफ सफाई में प्रशासन छठ समितियां और स्वयंसेवी संस्थाओं के कार्यकर्ता जुट गये हैं पटना के गंगा नदी में बनने वाले घाटों के निर्माण और साफ सफाई को लेकर नगर विकास विभाग और पटना नगर निगम पूरी सतर्कता बरत रहा है पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि घाटों तालाबों और उनके सम्पर्क पथों पर रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था की जाए ताकि व्रतियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े इसके साथ ही गंगा घाटों तक जाने के लिए गंगा में बनने वाली पुल पुलियों की जाचं का निर्देश भी दिया है उधर श्रद्वालुओं की सुविधा के लिए पटना जिला प्रशासन ने मोबाईल एप्प भी लांच किया है जिसके माध्यम से व्रतियों को विभिन्न प्रकार की जानकारी उपलब्ध करायी जायेगी महापर्व छठ के दौरान रेलवे ने पटना और रांची के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय किया है यह ट्रेन जहानाबाद गया कोडरमा गोमो बोकारो होते हुए चलेगी दस नवम्बर को रात ग्यारह बजकर पचपन मिनट पर रांची से पटना के लिए यह ट्रेन रवाना होगी जो अगले दिन सुबह साढ़े नौ बजे पटना पहुचेगी वापसी में यह ट्रेन ग्यारह नवम्बर को रात साढ़े दस बजे पटना से खुलेगी मौसम के मिजाज में तेजी से बदलाव आ रहा है ठंड बढ़ती जा रही है सुबह में ठंड का असर काफी दिख रहा है जबकि दोपहर में हल्की धूप लोगों को राहत दे रही है सुबह सुबह लोग गर्म कपड़े पहनकर टहलते देखे जा रहे हैं

पटना में गांधी मैदान थाना अंतर्गत एसएसपी ऑफिस के पास सड़क हादसे में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गये इनहें पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है वहीं मुजफ्फरपुर जिले के बोचहा में राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या संतावन पर वाहन की चपेट में आकर एक महिला की मौत हो गयी नालंदा जिले के थरथरी थाना क्षेत्र के खरनैया पुल के पास सड़क हादसे में बाईक सवार दो युवकों की मौत हो गयी खगड़िया जिले के गोगरी थाना क्षेत्र अंतर्गत पोड़ा ओपी गांव में भोजपुरी कलाकार छैला बिहारी के आवास पर अपराधियों ने हमला बोल दिया इस दौरान कई राउंड गोलीबारी की गयी पुलिस ने मौके से कई खोखे और मोबाईल जब्त किया है इधर मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना के कोल्हुआ में अपराधियों ने आपसी विवाद में एक युवक को गोली मारकर घायल कर दिया